अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्रीजगदगुरू विश्व आराध्य गुरूकुल के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड के साथ बैठक की इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों से कृषि क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण की निगरानी की जा रही है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आगामी महीनों में ऋण देने में तेजी आने की संभावना है उन्होंने कहा कि अतिरिक्त नगदी से मौद्रिक नीति को अनुकूल बनाने में मदद मिल रही है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल आज तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे श्री केजरीवाल ने अपनी पिछली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों को बनाए रखने का फैसला किया है

सचना और प्रसारण मंत्रालय देशभर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चला रहा है इसके तहत राज्यों की कला संस्कृति की विविधता की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए उनके जोड़े बनाए गए हैं राजस्थान का साझा राज्य असम है

जालौर महोत्सव रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ आयोजित किया जा रहा है तीन दिवसीय महोत्सव की कल भव्य शोभायात्रा के साथ शुरूआत हुई महोत्सव में मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले पर्यटन के विकास की प्रबल संभावनाए है उन्होंने कहा कि जालौर महोत्सव का भव्य और सुन्दर आयोजन स्थानीय निवासियों के साथ ही बाहरी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा महोत्सव के दौरान गैर नृत्य की प्रस्तती हई वहीं ऊंटों द्वारा भी करतब दिखाए गए

इसके तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों से भी ब्रज साहित्यकार भाग ले रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यकम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज जयूपर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करेगी प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाग लेगें